उन्होंने आज एक टवीट में कहा कि यह कान्न पडोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है भारत में पिछले दो वर्ष में कूल वृक्षों और वनों का रकबा पांच हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक बढ़ गया है आज नई दिल्ली में भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट दो हजार उन्नीस जारी करते हुए पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दो हजार सत्रह में आकलन की तुलना में देश का कार्बन स्टॉक बयालिस करोड़ साठ लाख टन बढ गया श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस रिपोर्ट से भरोसा होता है कि भारत पेरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करने के लिए सही दिशा में बढ रहा है उन्होंने कहा कि देश में मैनग्रोव क्षेत्र चौवन वर्ग किलोमीटर बढ गया यह पिछले आकलन की तुलना में एक दशमलव एक प्रतिशत अधिक है श्री जावड़ेकर ने कहा कि वर्तमान आकलन से पूर्वोत्तर भारत में वनों का दायरा सात सौ पैंसठ वर्ग किलोमीटर घटने का पता चला है यह पिछले आकलन की तुलना में शून्य दशमलव चार पांच प्रतिशत कम है असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वनक्षेत्र घटा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है श्री योगी ने हैशटैग इंडिया सपोटर्स सी ए ए का इस्तेमाल करते हुए टवीट किया कि यह कानन किसी व्यक्ति जाति मत मजहब के खिलाफ नहीं है श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बारे में झूठ और भ्रम पैदा कर अशांति फैलाने वाले बेनकाब हो गए हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समूदाय में दू प्रचार कर रहे हैं कि यह नागरिकता छीनने वाला कानून है लेकिन अब लोग सचेत हो गए हैं श्री योगी ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए लाए गए इस कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश द्विवेदी ने कहा कि विपक्षी दल नागरिक संशोधन कानून पर भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं श्री द्विवेदी आज हरदोई में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है नागरिकता लेने वाला नहीं

उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जायेगी श्री गुक्ला आज प्रतापगढ़ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे देहरादून में रह रहे कुछ शरणार्थियों ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन किया है

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की नई श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संशोधन कानून का यह अर्थ भी कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिन्द भी नागरिकता कानन के अंतर्गत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बल्कि उन्हें हमारे देश की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रकिया से ग्रजरना होगा इसके लिए उन्हें या तो पंजीकरण कराना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा नागरिकता कानून होने के बाद भी द सिटीजनशिप एक्ट उन्नीस सौ पचपन के तहत उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी सी आर पी एफ ने आज कहा कि लखनऊ में हाल की घटना के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है सी आर पी एफ प्रियंका गांधी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत संशस्त्र कमांडो उपलब्ध कराती है एक बयान में सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने बिना किसी सूचना के अनिर्धारित रास्ता चुना जिस पर पहले से सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किये गये थे